मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जब देश की संप्रभुता और भौगोलिक एकता की रक्षा का सवाल आता है तो भारत की प्रतिबद्धता और ताकत पूरी दुनिया को नजर आती है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत मैत्री की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को भी उचित जबाब देने में सक्षम है

श्री मोदी ने कहा कि जब लोग स्थानीय चीजे खरीदने के साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिये भी जोर देंगे तो देश को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी

इसके लिये आयुर्वेदिक दवाओं और जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि के साथ साथ गरम पानी के सेवन से भी स्वस्थ रहा जा सकता है साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन से ज्यादा अनलॉक में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है

माना जा रहा है कि श्री चौहान के दिल्ली से लौटने के बाद राज्य में तीन माह से अधिक पुरानी शिवराज सिंह चौहान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा

इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पांच वृक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है उन्होंने कहा है कि इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध न होने पर लोग अपनी पसंद के अन्य उपयोगी पौधे भी लगा सकते हैं भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा संकल्प पर्व का आयोजन किया गया संग्रहालय में उपस्थित सभी लोगों द्वारा बरगदआंवलापीपलअशोक बेल आम जैसे वृक्षों का रोपण किया गया

सत्यापन की प्रक्रिया लगातार जारी है

लोन का ब्याज भी सरकार भरेगी

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

मौसम प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है

जबलपुर में आज शाम तेज रफ्तार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने से लोगों को राहत मिली है

वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है

इससे आवागमन में सुविधा होगी